राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट सहित कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए की स्थगित निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी के मद्देनजर राजनैतिक पार्टियों से चुनावों और जनसभाओं के बारे में मांगी राय

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व के वास्तविकता को परीलक्षित करने वाला होना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने परिषद की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि भारत सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की मदद भी कर रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में कोरोना संकमण से मुक्त होने की दर काफी अच्छी है

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट तथा कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी साथ ही उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों को जारी किए गए नोटिसों पर मंगलवार सुबह तक कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश दिए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका पेश करने वाले सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पक्षकार बनाने हए शनिवार को जवाब पेश करने को कहा है इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से दायर कैवियट याचिका को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया न्यायालय में सचिन पायलट तथा अन्य बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे तथा मुक्ल रोहतगी ने पक्ष रखा

इस बीच मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं और सरकार गिराने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं

श्री चौधरी ने कल वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बाड़मेर जिले में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों तथा कोरोना की रोकथाम सहित विभिन्न बिन्दुओं पर अधिकारियों से चर्चा की इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने जिले में टिड्डी से फसलों को हुए नुकसान तथा जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए ट्रेक्टर ट्रेक्टर माउन्टेड स्प्रेयर तथा आवश्यक किटनाशनों की जानकारी ली और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा

किसान सभा ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से क्षेत्र के दुधवामीठा और रामपुरा बास गांव में खरीफ की खराब हुई फसलों के आंकलन और मुआवजे की मांग की

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचारों और सुझावों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रकिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे

चूरू जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है

मौसम विभाग ने बांसवाड़ा प्रतापगढ और झालावाड़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि एक दशमलव नौ चार प्रतिशत से भी कम मरीजों को आईसीयू में शून्य दशमलव तीन पांच प्रतिशत मरीज वेंटीलेटर और दो दशमलव आठ एक प्रतिशत मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तरों पर हैं

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

इस अभियान के तहत डिस्कॉम द्वारा विद्युत चोरी पकड़ने के साथ ही बकाया राशि वसूल की जा रही है

पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध डोडा पोस्त से भरी गाड़ी को जब्त किया मौके से आरोपी फरार हो गया

बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें